आज संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी बाइट प्रधानमंत्री जी बहत आग्रह पूर्वक एक चीज कहा वो ये था कि भारत की मीडिया बोथ इलैक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ दी कंट्री बहुत पॉजिटिवली ये जो कोरोना वायरस के बारे में कैंपेन की है जागृति की हैसतर्कता के बारे में सूचना दी है बहुत सराहना की उसके साथ ही साथ सभी एमपी को कहा कि जितना पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया है इसके कारण पैनिक भी नहीं बढ़ा है साथही साथ सतर्कता भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी तहे दिल से ही कांगरेच्यूलेटिड बोथ मीडिया एंड कंसने पीपल

इसे माई जीओवी पोर्टल पर साझा करने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से लोगों को मदद मिल सकती है प्रदेश में कोरोना वायरस के मददेनजर सरकार द्वारा कई एहतियाती कदम उठाये गये हैं प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजों को दो अप्रैल तक बन्द कर दिया गया है वहीं प्रतियोगी परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गय हैं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में सभी प्रभावी और आवश्यक कदम उठाये गये हैं सभी ज़िलाधिकारियों से कहा गया है कि वे पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलायें उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों का अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जायेगा इसके साथ ही प्रदेश में धरना प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा श्री शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते काम न मिल पाने से प्रभावित दैनिक मजदूरों के भरण भोषण की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है इसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जो तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि निजी क्षेत्र में लोग घर से काम करें तथा कोरोना वायरस से पीड़ित कर्मचारी को पूरी तनख्वाह मिलेगी सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालयों में काम करने की व्यवस्था करने के संबंध में रिपोर्ट देगी मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी बैठक में फ़िल्म तानाजी को करमुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर भी मूहर लगाई गयी

इस बारे में राज्य सरकारों को परामर्श भेज दिया गया है विद्यार्थियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है

सरकार ने अतिरिक्त यात्रा परामर्श जारी करते हुए अधिक जोखिम की आशंका वाल क्षेत्रों से संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय में सय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि कई देशों से भारत की यात्रा प्रतिबंधित कर दी गयी है

कोई भी एयरलाइन इन देशों से यात्रियों को भारत नहीं भेजेगी

अन्य महत्वपूर्ण उपायों में निजी क्षेत्र से अपने कर्मचारियों को जहां तक संभव हो घर से काम करने की अनुमति देने को कहा गया है

अफगानिस्तान फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वालों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाद में इसकी समीक्षा की जायेगी

उच्चतम न्यायालय ने महिला और पुरूष अधिकारियों को समान मानते हुए नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की आज स्वीकृति प्रदान कर दी

पीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा महिलाओं की भर्ती पर रोक हटाये जाने के फैसले के बाद नौसेना में महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देन में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व न्यायधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है केन्द्र सरकार ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की राष्ट्रपति ने बारह लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले के एक दोषी मुकेश की नई उपचारात्मक याचिका कल खारिज कर दी उसने याचिका में अपनी फांसी एक बार फिर टालने की अपील की थी इस मामले में मुकेश सहित सभी चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका में काई दम नहीं है और अब उसके पास कोई माध्यम नहीं बचा है एक अन्य घटनाक्रम में मामले के तीन दोषियों अक्षय पवन और विनय ने अपनी फांसी पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

परिवर्तित समय के अनुसार अब श्रद्धालु प्रथम पाली में सुबह सात बजे से बारह बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक दर्शन कर सकेंगे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय अगले आदेश तक सुनवाई के लिए केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाइ करेगा अदालत में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए वकीलो को अतिआवश्यक मामलों को ही पेश करने के लिए कहा गया है अदालत ने कहा है कि किसी मामले में वकील या मुवक्किल की उपस्थिति न होने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जायेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंडपीठ में केवल अदालत के कर्मचारी और वकीलों को ही प्रवेश दिया जायेगा उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी न्यायाधीश वकील क्लर्क और कर्मचारी शाम पांच बजे तक अदालत परिसर को खाली कर देंगे